राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग तिरसठ प्रतिशत हो गई है कोरोना संक्रमित सोलह हजार पांच सौ छियासठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ हजार चार सौ छप्पन संक्रमितों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं कोरोना से संक्रमित दो सौ अठहतर लोगों की मौत भी हो चुकी है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर छब्बीस हजार तीन सौ हो गई है स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा पांच हजार दो सौ नौ मामले रांची और फिर चार हजार चार सौ अंठावन मामले पूर्वी सिंहभूम से आए हैं

डीसी ने प्रतिदिन जांच करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है

उन्होंने सिविल सर्जन से पर्याप्त संख्या में मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेड की व्यवस्था करने को कहा है कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सदर अस्पताल के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ राजेश जायसवाल ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से लोगों को जागरुक रहने की सलाह दी है

मृतकों की दर में तेजी से कमी आ रही है और अब यह संख्यात एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत है

अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टेर नीरज निश्चल इस परिचर्चा में भाग लेंगे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

लगातार दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में बारिश जारी है लगातार बारिश होने से कई जिलों में नदियां उफान पर हैं डैमों में भी पानी खतरे के निशान से उपर बह रहा है उधर राजधानी के तीनों डैमों का जलस्तर भी बढ़ा है

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय इलाकों में निम्न दबाव के कारण झारखंड पर मजबूत सिस्टम बना हुआ है

गेतलसूद रूक्का डैम का जलस्तर भी पिछले चौबीस घंटे में बढ़ा है

इधर खूंटी में मूसलाधार बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया

रांची जिले के टाटीसिलवे से पीएलएफआई का जोनल कमांडर परमेश्वर गोप को गिरफ्तार किया गया है एसएसपी सुरेन्द्र कुमार झा ने आज प्रेस कांफ़ेस में बताया कि परमेश्वर गोप पर गुमला जिले में सत्ताईस मामले दर्ज हैं उन्होंने बताया कि परमेश्वर गोप अपराधियों को कारबाईन गोली और हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराता था चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है लावालौंग थाना पुलिस ने लमटा जंगल से नौ क्विंटल डोडा अफीम के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों में एक पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जमुना प्रसाद का पुत्र रोहित कुमार उर्फ लालू है थाना प्रभारी परमानंद मेहरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी इधर चतरा में सदर थाना पुलिस ने सिकिद गांव से दो किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर हीरामन यादव सिकिद गांव का ही रहने वाला है थाना प्रभारी लव कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान बबलू के घर में रखा दो किलो अफीम बरामद किया गया

इसकी तीव्रता चार दशमलव तीन रिएक्टर पैमाने पर मापा गया

तीव्रता कम एवं गहराई अधिक होने के कारण क्षति कम से कम होने की संभावना होती है साहिबगंज एवं आसपास के क्षेत्र में इसकी तीव्रता महसूस की गई

नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत खूँटी को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना नगर वासियों के लिए गर्व की बात है

एक रिपोर्ट मनिका थाना क्षेत्र के शैलदाग गांव में भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

झारखंड सरकार की ओर से लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई झारखंड हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ एचसी मिश्र एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड में कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है उल्लेखनीय है कि सोनी कुमारी ने राज्य की स्थानीय नीति को अदालत में चुनौती दी है

इसका उद्देश्य लोगों में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के परिदृश्य में देशभक्ति की भावना पैदा करना है

इस प्रतियोगिता के विषय में देशभक्ति और राष्ट्र की प्रगति के लिए इसे एक नये मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया मंत्रालय ने आज इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित एक लाख रुपये का पहला पुरस्कार लघु फिल्म एम आई को दिया गया

रामगढ़ जिले के भदानी नगर नीचे मार्केट में एक नाई की लाश उसके सलून में मिली पतरातू एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि नाई की हत्या किये जाने की आशंका है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति मांगी है रांची में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से चैंबर के अधिकारियों ने कहा कि राज्य में नब्बे प्रतिशत से अधिक प्रतिष्ठान खुले हए हैं इसलिए शॉपिंग मॉल भी खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए प्रेस वार्ता के दौरान जमशेदपुर धनबाद बोकारो और रांची के व्यवसायी मौजूद रहे बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र में एक छात्र ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली चतरा के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गये हैं जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अधीक्षक होम क्वारंटीन हो गये हैं आज राज्य भर में महिलायें पूरे श्रद्धा भाव से तीज का त्योहार मना रही है